टोहाना से विधायक स्भाष बराला ने बताया कि किसान को पेंशन देने के म्द्दे पर गठित समिति दवारा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और शेष पहल्ओं पर चर्चा करके समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट बना कर म्ख्यमंत्री को सौंपेगी किसान पेंशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान श्री बराला ने बताया कि कमेटी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी ताकि सरकार आगे की प्रक्रिया श्रू कर सके

श्री बराला ने बताया कि समिति सभी प्रकार की बारीकियों पर चर्चा कर रही है तथा अगली बैठक में समिति के सदस्यों के अलावा कृषि वैज्ञानिक प्रगतिशील महिला किसान और महिला वैज्ञानिकों से भी उनकी राय ली जाएगी

उन्होंने कहा कि इन वेलफेयर सेंटर का निर्माण म्ख्य रूप से प्लिस कर्मियों के प्लिस लाइंस में रहने वाले परिवारों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए किया जाता है इसके अलावा इन केंद्रों का उपयोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है इन केंद्रों के रखरखाव के लिए मामूली श्ल्क लिया जाता है

हरियाणा सिविल सचिवालय की चौथी मंजिला के सभा कक्ष में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने मीटर रीडिंग में गड़बडी को रोकने के लिए एक सोफ्टवेयर बनाया है जिससे मीटर रीडर को रीडिग़ लेते समय कोई परेशानी नहीं होगी

इसके साथ ही मीटर रीडर को हर बार मीटर बॉक्स पर एक केबल टाई नई सील भी लगानी होगी भिवानी सर्कल इंचार्ज सतीश लांबा ने बताया हरियाणा सरकार दवारा बिजली चोरी रोको अभियान को सफल बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के विशेष अभियान चलाया है भिवानी में अब मीटर रीडर को ऑपटिक्ल प्रोब की सहायता से रीडिंग लेनी होगी

सरकार दवारा पहली बार पश् गणना का कार्य टैबलेट के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है जिसके लिए पश्पालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी केन्द्र व प्रदेश सरकार दवारा तैयार की गई ऐप के माध्यम से प्रत्येक पश् जैसे गाय भैंस बकरी घोड़ा गधा उंट हाथी सूअर मूर्गी तथा बतख का डाटा एकत्रित कर रहे है

पश् गणना से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नई योजनाओं को बनाने में आकड़ों दवारा मापस्तंभ बनाने में विशेष महत्व रहता है ताकि आम जनता को इनका लाभ मिल सके

ये दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने नई दिल्ली में राजधाट पर बाप् गांधी की समाधि पर श्रदवाजंलि अर्पित की राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी प्ण्यतिथि पर श्रदवाजंलि दी है अम्बाला के पश्पति क्ष्ठ आश्रम में स्पर्श क्ष्ठ उन्मूलन अभियान चलाया गया सिविल सर्जन डा एस एल वर्मा ने बताया कि क्ष्ठ रोग की पहचान करना आसान व इस इलाज संभव है सभी क्ष्ठ रोगियों को ढ़ाने मे हर संभव प्रयास किए जायेंगे यम्नानगर के उपाय्क्त गिरीश अरोड़ा ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलकर उनके अन्यायियों ने देश की आज़ादी के लिये अपने बलिदान दिए उन्होंने कहा कि देश की एकता व अखंडता के लिये सभी को मिलज्लकर काम करना है

सिविल सर्जन डा हनमान सिंह ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिलाई कालेज विद्यार्थियों ने शहर में रैली निकालकर लोगों को कृष्ठ रोग बारे जागरूक किया पलवल नागरकि अस्पताल में आज स्पर्श क्ष्ठ जागरूक्ता शिविर का आयोजन किया गया उपायुक्त डा मनी राम शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित पंच सरपंचों को क्ष्ठ रोग बारे में जागरूकता की शपथ दिलाई उपाय्क्त ने अस्पताल के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्बोधित करते हये कहा कि गांधी जी स्वंय क्ष्ठ रोगियों की सेवा करते थे

गांधी जी की प्ण्य तिथि पर सिरसा जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डा गोबिंद ग्र्प्ता की अध्यक्षता में एंटी लेपरोसी डे मनाया गया

भिवानी रेवाड़ी पंचक़ला तथा अन्य स्थानों पर भी महात्मा गांधी को भावभीनी श्रदवाजंलि दी गई पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में शीत लहर और तेज़ ठंड का प्रकोप कल से जारी है हरियाणा के हिसार का न्यन्तम तापमान एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इसी तरह अंम्बाला में सात डिग्री करनाल में पांच डिग्री नारनौल में तीन डिग्री और रोहतक में न्यूनतम तापमान पांच डिग्रीसेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों में शीत लहर और हल्की बारिश का अन्मान लगाया है मौसम विभाग ने ये भी कहा कि प्रदेश में शनिवार और रविवार को कोहरे के आभार बढ़ जायेंगे आज शाम से यम्नानगर में मौसम काफी खराब चल रहा है और बारिश के आसार बने हये है चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सात डिग्री और पंजाब में बठिंडा में पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड दर्ज किया गया हरियाणा में आज शाम जगाधरी के एक स्कूल की बस गोलनी गांव के निकट पेड़ से टकरा गई जिससे पांच बच्चे और बस चालक तथा परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें यम्नानगर के विवेकानंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है